डिग्री कॉलेज के उदघाटन के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे इसके अलावा किलाड़ में नेचर पार्क का शिलान्यास व जिला स्तरीय फुल यात्रा मेले के मौके पर भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में इस उत्सव की तैयारियों के संबंध में हुई बैठक में प्रशासन को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता दें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित मंच मिल सके किशन कपूर ने कहा कि मेले और त्योहार राजनीति के दायरे से हटकर होते हैं ऐसे में सभी को इनकी सफलता के लिए सक्रियता से सहयोग देना चाहिए नवरात्र शारदीय नवरात्रे के छठे दिन आज माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की प्रजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि माता का यह स्वरूप माँ सरस्वती को समर्पित है और इनके प्रजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है नवरात्र के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालु मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों से वातावरण प्ररी तरह भक्तिमय बना हुआ है इस बीच शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में आज माँ दुर्गा के कात्यायनी जगत जननी छठे स्वरूप की विशेष रूप से पूजा अर्चना के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाएगी प्रदर्शनी महाराष्ट्र के नागपुर में हॉलीडे एक्सपो टूरिज्म एण्ड ट्रैवल प्रदर्शनी कल सम्पन्न हुई इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में हिमाचल पर्यटन विभाग के स्टॉल में स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने गहरी रूचि दिखाई पीटर हॉफ शिमला के प्रबंधक डीडी शर्मा के ने बताया कि पर्यटकों को राज्य पर्यटन विकास निगम व पर्यटन विभाग की गतिविधियों की जानकारी देने के अलावा हिमाचल के साहसिक व धार्मिक पर्यटन से अवगत करवाया गया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचापत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी लिखता है बदले की भावना से नहीं कर रहे कार्य कहा पूर्व सरकार ने बिना बजट के ही खोल दिये थे संस्थान दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कुमारसेन को सब्जी मंडी और बस स्टैंड सीएम की घोषणा बड़ा गांव में स्कूल अब शहीद सतीश के नाम पर आपका फैसला के शब्द है हिमाचल विकास में बड़े राज्यों के लिये आदर्श कसौली में लिट फेस्ट के समापन से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है साहित्यिक मंच से सियासी छिंटाकशी के लिये याद रहेगा लिट फेस्ट सैयद मिर्जा बोले मी ट्र अभियान ठीक पर राफेल जैसे मसले भी न हों नजरअंदाज दैनिक जागरण के अनुसार मंदिर बने या मस्जिद हल नहीं होंगी समस्याएं

अजीत समाचार ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के हवाले से लिखा है मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना के तहत आयु सीमा बढ़ी ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा इसी अखबार की एक अन्य खबर है अमर उजाला की एक खबर है केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को नया वोट बैंक बनाने की कवायद हिमाचल समेत सभी राज्यों में तैयार हो रहा डाटा

इसी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है पर्वतीय क्षेत्रों में तीन दिन बारिश व बर्फबारी की संभावना अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि प्रदेश में आपदा से निपटने के लिये जो उपाय किये गए हैं उन पर जल्द कदम बढ़ाने होंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके शीर्षक है आपदा पर गंभीरता दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों के हाशियों पर टिके फैसले पर जयराम सरकार को सीधी रेखा खींचने की कोशिश करते कुछ जोखिम उठाने पड़ेंगे

आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय बीबीएमबी से बकाये के लिये कवायद में मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहे प्रयासों को देखते हुए प्रदेश को उसका हक मिलने की उम्मीद जताई है